राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने आज नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता की समाधी पर पुष्पाजंलि अर्पित की इस अवसर पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई

इस बीच राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जयंती इधर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर अब से कृछ देर बाद एक समारोह आयोजित होगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्याअर्पण कर उन्हें पुष्पाजंलि अर्पित करेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज रिज मैदान से नशाखोरी के खिलाफ स्कूली बच्चों की एक जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री पूर्व प्रधान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्वा सुमन अर्पित करेंगे इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री ने शिमला के संजौली चौक पर स्वच्छता अभियान की शुरूआत भी की

वन मंत्री गोबिंद ठाकुर ने कल कुल्लू में उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की

यहाँ देवी देवताओं और देवलुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने नवनियुक्त मुख्य सचिव द्वारा किए गए तबादलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है नए सीएस नहीं रखेंगे कोई विभाग करेंगे निगरानी बीके अग्रवाल ने कार्यभार संभालते ही बदला स्टाफ पंजाब केसरी का शीर्षक है बाल्दी होंगे बिजली बोर्ड के चेयरमैन नए मुख्यसचिव के कार्यभार संभालते ही प्रशासनिक फेरबदल दिव्य हिमाचल व दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं बीके अग्रवाल टीम में आरडी धीमान को बड़ी जिम्मेदारी दैनिक भास्कर ने लिखा है सात आईएएस के तबादले बाल्दी को बिजली बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार हिमाचल दस्तक के मुताबिक मुख्य सचिव ने बदली टीम होम व विजिलैंस अलग किए दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है मित्रा दोषी हुए तो बचेंगे नहीं मामले से जुड़ी फायलें देखेंगे मुख्यमंत्री

रोहतांग दर्रा बहाल शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है बीआरओ का अगला लक्ष्य कुंजम दर्रा

हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब केसरी ने लिखा है चिन्मय विद्यालय परिसर में नशे पर हाईकोर्ट सख्त निरीक्षण के आदेश दैनिक जागरण की एक ख़बर है एचपीयू के दीक्षांत समारोह में आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दैनिक सवेरा टाइम्स ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है हिमाचल में दैवीय आपदा से निपटने को एसडीआरएफ दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है हिमाचल में टीडीएस और टीसीएस लागू अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे पर आपका फैसला लिखता है विश्व के सबसे बड़े देव महाकुभ की शोभा बढ़ाएंगे तीन सौ पाँच देवी देवता अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय पर्यटन से खुशहाली में लिखा है कर्ज में डूबे हिमाचल में आय के संसाधनों को बढ़ाने की पहल सार्थक है खर्च और आय में संतुलन लाने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय और कितना पर्यटन वजन में हिमाचल के पर्यटक स्थलों पर अनुचित भीड़ होने और सैलानियों के आगमन की सही व्यवस्था न किए जाने पर चिंता जताई है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

नमस्कार